राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन मााओवादी मारे गए

नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिये मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना तेजी से रोजगार बढ़ाने का काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक करीब बारह करोड़ लाभार्थियों को छह लाख करोड़ रूपये के मुद्रा ऋण बांटे जा चुके हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि पचहत्तर प्रतिशत ऋण युवाओं और महिलाओं को दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि इस योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी आसानी से ऋण प्राप्त हुआ है सीबीएसई दसवीं परिणाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई ने दसवीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं इस वर्ष कुल छियासी दशमलव सात प्रतिशत विद्यार्थी उर्तीण हुए हैं यह पहला मौका है जब सीबीएसई की दसवीं बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सुची में एक साथ चार विद्यार्थियों को पहला स्थान मिला है इनमें ग्रूग्राम के प्रखर मित्तल बिजनौर की रिमझिम अग्रवाल शामली की नंदिनी अग्रवाल और कोच्चि की श्रीलक्ष्मी जी ने पांच सौ में चार सौ निन्यानवे अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है प्रावीण्य सूची में छत्तीसगढ़ की दो बालिकाओं ने भी जगह बनाई है बिलासपुर की साक्षी भागडीकर को चार सौ अंठानये अंको के साथ देश में दूसरा और भिलाई की साक्षी महेश्वरी को चार सौ संतानये अंको के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हआ है

जबकि दूसरे चरण में अट्ठारह सौ पचास करोड रुपये की लागत से एक हजार अटठाईस मोबाइल टावर लगाए जाएंगे आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व वाली संचार संबंधी दो परियोजनाएं चल रही हैं इसमें से भारत नेट परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहंचाया जा चुका है श्री सिन्हा ने बताया कि करीब पचास दुरस्थ ग्राम पंचायतों में जहां ऑप्टिकल फाइबर पहंचाना कठिन है वहां भी यह काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा केंद्रीय राज्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में तीन नये पासपोर्ट केन्द्र खोले जाएंगे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य के हर जिले मुख्यालय में पासपोर्ट सेवा केन्द्र श्रू किया जाएगा अपने प्रवास के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक भी ली मुख्यमंत्री रायगढ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में विकास के मॉडल के साथ जनता के बीच जाएगी रायगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार पूरी गतिशीलता के साथ काम कर रही है उन्होंने कहा कि बस्तर में जिस तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं उसे देखने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार माओवादियों पर लगाम लगाने में काफी हद तक कामयाब रही है हालांकि बस्तर में बीच बीच में घटनाएँ होती रही हैं लेकिन इन घटनाओं से पुलिस और सुरक्षा बलों का मनोबल कम नहीं हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है माओवादी मुठभेड़ राजनांदगांव जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन इनामी मााओवादी मारे गए जिसमें से एक मााओवादी कमांडर बताया जा रहा है मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल चंदियाडोंगरी के जंगल में तलाशी अभियान पर निकला हुआ था इसी दौरान माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए तीन माओवादियों को मार गिराया मारे गए माओवादियों में एक चंद्रप्र महाराष्ट्र का रहना वाला था इस पर पुलिस ने पांच लाख रूपए का इनाम रखा था इस घटना की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वाय पी सिंह ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस बल ने तीन सौ बारह बोर की एक राइफल और एक देशी कट्टा बरामद किया है डायरिया नियंत्रण पखवाडा स्वास्थ्य मंत्री अजय चन्द्राकर ने आज रायपुर में गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़े का शुभारंभ किया इस मौके पर राजधानी के जिला अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री चंद्राकर ने नन्हें बच्चों को ओआर एस का घोल पिलाया कार्यक्रम को संबोधित करते हए श्री चंद्राकर ने कहा कि मौसम परिवर्तन के साथ ही अनेक बीमारियां सामने आती हैं बरसात के मौसम में बच्चों में विशेषकर डायरिया के प्रकरण देखने को मिलते हैं उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मौसम परिवर्तन के पहले ही बीमारियों से नियंत्रण के लिए तैयारी की जा रही है उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में शिश् पोषण और आहार व्यवहार की व्यवस्था की गई है जहां कोई भी मरीज के परिजन निःशल्क ओआरएस का पैकेट ले सकते हैं डायरिया नियंत्रण पखवाडा आगामी नौ जुन तक चलेगा

इनमें से दस लोगों को पामगढ़ और अकलतरा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है बताया जाता है कि कि कुएं का दूषित पानी पीने की वजह से गांव में डायरिया के प्रकरण सामने आए हैं इसकी सुचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में घर घर जाकर डायरिया के मरीजों की जांच कर रही है साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में शिविर भी लगाया गया है जहां गांवों वालों को कुंए का दूषित पानी का इस्तेमाल नहीं करने के साथ स्वच्छता संबंधी जानकारी दी जा रही है राजस्व मंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने अधिकारियों से कहा है कि राजस्व विवाद मुक्त ग्राम के कार्यो में तेजी लायें इसके लिए प्रत्येक हल्के बार पटवारियों के कार्यो की लगातार निगरानी की जाए राजस्व मंत्री ने आज रायपुर में स्थापित आपदा नियंत्रण केन्द्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के सभी जिलों में राजस्व विभाग के कार्यो की समीक्षा की श्री पांडेय ने राजस्व रिकार्डो के नक्शा खसरा के अद्यतीकरण की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए उन्होंने भू स्वामियों के डिजीटल हस्ताक्षर का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी कहा साथ ही मंत्री ने भूमि रिकार्डो में आधार लिंकिंग के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए कृषि विश्वविद्यालय कार्यशाला प्रदेश के कृषि मंत्री बुजमोहन अग्रवाल ने किसानों की आय दोग्नी करने के लिए उत्पादन लागत कम करने पर जोर दिया है रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यशाला के समापन सत्र में श्री अग्रवाल ने कहा कि किसानों को अपने खेतों में पानी पहचाने के लिए गांव के तालाबों से सामुदायिक उद्वहन सिंचाई की सुविधा जुटानी चाहिए कृषि मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के अलावा फल सब्जी उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात भी कही सामपन सत्र की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृलपति डॉ एसके पाटील ने की संक्षिप्त समाचार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को आज बेहतर इलाज के एयर एंबुलेंश से दिल्ली के एक निजी अस्पताल ले जाया जाएगा बताया गया है कि वे पिछले कुछ दिनों से निमोनिया से ग्रसित हैं और राजधानी रायपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रायपुर स्थित निवास में इकतीस मई को जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा सूरजपुर जिले के बिहारपुर क्षेत्र के बसनारा में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के छह लोग झूलस गए हैं